दिल्ली की तबलीगी जमात सेंटर में शामिल होकर आये प्रदेश के लोगों में भी कोरोना संकमण चूरू से सात और टोंक से चार पॉजिटिव मामले आये सामने

रामनवमी का पर्व आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगो को दी शुभकामनाएं

टोंक और चूरू में संक्रमित पाये गये लोग दिल्ली के तबलीगी जमात में हिस्सा लेकर आये थे

उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा संसाधन मौजूद है

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि दिल्ली के तबलीगी जमात सेंटर में शामिल होकर आये राज्य के कई लोग पॉजिटिव पाये गये है इनमें से साढे चार सौ से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर क्वारेन्टाइन में भेजा गया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्वि हुई है उन्होंने कहा कि एक हजार आठ सौ लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है

जो उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में बोर्ड को परामर्श दिया है उन्होंने कहा कि बाकी विषयों के लिए सी बी एस ई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी इन विषयों के लिए अंक देने और मूल्याकन के निर्देश जल्दी जारी किये जायेंगे श्री निशंक ने सीबीएसई को कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को अगली क्लास में भेजने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि कक्षा नौ और ग्यारह के विद्यार्थियों को अब तक के प्रोजेक्ट कार्य आवधिक और अन्य परीक्षाओं सहित स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षाओं में भेजा जाएगा उन्होंने कहा कि इस समय जिन विद्यार्थियों को उत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा उन्हें आनलाइन या ऑफलाइन स्कूल परीक्षाएं देने का अवसर मिलेगा

लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दे रहे है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है

नगर निगम के हपर हर घर से एक एक रोटी एकत्रित करेंगे ताकि निराश्रित पशुओं को रोटी पहुंचाई जा सके गौरतलब है कि आमजन द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि वे निराश्रित पशुओं को रोटी पहुंचाना चाहते हैं किन्तु लॉक डाउन की वजह से बाहर निकलना संभव नहीं हो रहा है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कोन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं